प्रदेश में नई पहल करते हुए शिक्षक प्रशिक्षण के लिए दीक्षा एप की हुई शुरूआत विश्व जनसंख्या दिवस आज राज्य स्तरीय समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जिलों और पंचायतों को किया जाएगा सम्मानित

इस मामले में एसओजी ने कल एक केस दर्ज किया है

एसओजी ने यह केस सर्विलांस पर रखे गए दो मोबाइल नंबरो पर हुई बातचीत के आधार पर दर्ज किया है एसओजी की कार्यवाही पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि एसओजी और एसीबी का भय दिखाकर कांग्रेस की अंर्तकलह को थामने की कोशिश की जा रही है इससे पहले कल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया भाजपा विधायक मदन दिलावर रामलाल शर्मा अशोक लाहौटी निर्मल कुमावत तथा सुभाष प्रनिया ने विधानसभा सचिव प्रमिल माथुर के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष यह नोटिस प्रस्तुत किया

मुख्य सचेतक महेश जोशी और उप मुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में भाजपा पर कांग्रेस और उसके समर्थित विधायकों को प्रलोभन देने के आरोप लगाए गए और कहा गया कि कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त और प्रलोभन देने को आरोप लगाया था इसे लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो तथा एसओजी में शिकायत कर जांच की मांग की थी

आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डी वी प्रसाद ने बताया कि उनके पास इस समय साढ़े नौ करोड़ टन खाद्यान्न का भंडार है जिसमें से साढ़े पांच करोड़ टन गेहूं और चार करोड़ टन चावल है

इसके तहत शिक्षकों की क्षमता संवर्द्वन के लिए दीक्षा एप से डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाएगा शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि कोरोना के इस विकट दौर में शिक्षकों के प्रशिक्षण में किसी तरह का व्यवधान नहीं हो इसे ध्यान में रखते हए अपनाए गए नवाचारों के अंतर्गत यह पहल की गई है

श्री डोटासरा ने राज्य के शिक्षकों का आहवान किया है कि वे इस डिजिटल नवाचार में अधिकाधिक भाग लें

इंटरनल परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को अंक दिए गए थे काउंसिल ने कहा कि अगर कोई विद्यार्थी संतृष्ट नहीं है तो वह दुबारा परीक्षा दे सकता है जिसकी तारीख बाद में घोषित की जाएगी इधर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान एनआईओएस की इस महीने होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि परिणाम संस्थान की सक्षम समिति द्वारा तय मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएंगे

इसमें साइबर टेक्नोलॉजी और बिजनेस इक्यूबेटर विशेषज्ञ भाग लेंगे विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने बताया कि विज्ञान आधारित उत्पाद या प्रकिया से जुडे युवाओं को अपने नवाचारों पर काम करने का अवसर इस कार्यक्रम के जरिये दिया जाएगा

इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के स्वास्थ्य भवन में आयोजित किया जाएगा वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाले इस समारोह में मुख्य अतिथि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा होंगे कार्यक्रम में परिवार कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जिलों और पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा

इस साप्ताहिक प्रसारण में हफतेभर के प्रमुख कार्यक्रमों संस्कृत जगत के समाचार संस्कृत साहित्य में निहित मानवीय मूल्यों दर्शन इतिहास कला संस्कृति और परम्पराओं के बारे में जानकारी दी जाती है

मौसम विभाग ने कहा है कि आज और कल जोधपुर बीकानेर उदयपुर भरतपुर जयपुर अजमेर तथा कोटा में कहीं कहीं हलकी बारिश के आसार हैं